पार्टी की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास उदयपुर से डॉ सी पी जोशी नाथद्वारा और रामेश्वर डूडी नोखा से चुनाव लड़ेंगे दो पूर्व छात्रसंघ अध्यक्षों को भी सूची में जगह मिली है परबतसर से रामनिवास गवाडिया शाहपुरा से मनीष यादव को टिकिट मिला है पैराशूट नेता भी टिकिट पाने में कामयाब हुए है इनमें हरीश मीणा हबीबुरहमान और कन्हैयालाल झंवर को टिकिट मिला है वहीं जमीदारां पार्टी से कांग्रेस में आई विधायक सोना देवी भी टिकिट हासिल करने में कामयाब हुई है

लगातार दो बार चुनाव हारने वाले नेताओं को पहली सूची में जगह नहीं मिली है वहीं पूर्व मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष रहे बी डी कल्ला पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ चन्द्रभान पूर्व मंत्री सी एस बैद और संयम लोढ़ा के टिकिट पार्टी ने काट दिये है

इस बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर प्रदेषाध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया

बैठक के बाद श्री सैनी ने बताया कि कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है और पार्टी जल्द ही शेष बची हुई सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित करेगी उधर मुख्यमंत्री आवास पर भी कल दिनभर भाजपा नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहा मंत्रीमंडल के सदस्य राजपाल सिंह शेखावत यूनुस खान बाबूलाल वर्मा और जसवंत सिंह ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की इसके अलावा कई विधायक टिकट के दावेदार और उनके समर्थक भी मुख्यमंत्री से मिले

महिला और बाल विकास सचिव राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि नियोक्ताओं को इस वेतन के लिए दी जाने वाली धनराशि श्रम कल्याण उपकर निधि में जमा राशि में से दी जायेगी

कल से शुरू हुई इस बैठक में काउंसिल के विभिन्न देशों के सदस्य वित्त मंत्रालय फिक्की तथा अन्य औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं